प्रदेश में कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति बिगड़ी

वज्रपात की अलग अलग घटनाओं में राज्य में इकतालीस लोगों की मौत

प्रदेश में नेपाल से सटे इलाकों में भारी वर्षा होने से बाढ़ की स्थिति और बिगड़ गई है राज्य में लगातार हो रही बारिश से कोसी गंगा बागमती और ब्रढ़ी गंडक में जलस्तर निरन्तर बढ़ रहा है वाल्मिकी नगर बराज से लगभग एक लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है जिससे पश्चिम चंपारण पूर्वी चंपारण और गोपालगंज में गंडक और बूढ़ी गंडक नदी कई स्थानों पर खतरे के निशान को पार कर गयी है बाढ़ प्रभावित दरभंगा सीतामढ़ी और मधुबनी जिले में राहत और बचाव कार्य के लिए भारतीय वायुसेना के दो हेलीकॉप्टर लगाए गए हैं इस बीच प्रभावित इलाकों में बाढ़ के कारण मृतकों की संख्या बढ़कर एक सौ छह हो गई है लगभग इक्यासी लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं वहीं तीस हजार लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं आपदा प्रबंधन विभाग ने राज्य में अगले बहत्तर घंटे के लिये भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मद्देनजर विभाग ने पश्चिम चंपारण मधुबनी पूर्णिया अररिया कटिहार सीतामढ़ी और किशनगंज जिलों में अधिकतर स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है इस दौरान कई स्थानों पर वजपात की आशंका जतायी गयी है पिछले चौबीस घंटों के दौरान पूर्वी चंपारण पश्चिम चंपारण और सीतामढ़ी में कुछ स्थानों पर भारी बारिश हुई है पूर्वी चंपारण के चकिया में बाईस सीतामढ़ी के बेलसंड में सत्रह और पश्चिम चंपारण के गौनाहा में सोलह सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गयी दरभंगा जिले में बाढ़ की भीषण स्थिति के मद्देनजर कल से सभी सरकारी और निजी स्कूलों तथा शिक्षण संस्थानों में प्रशासन द्वारा पठन पाठन अगले आदेश तक स्थगित रखने को कहा गया है सीतामढ़ी में सताईस जुलाई तक शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे इधर खगड़िया जिले में कोसी नदी के जलस्तर में लगातार हो रही बढ़ोतरी से बेलदौर प्रखंड के कई पंचायतों में बाढ़ का पानी फैल गया है समस्तीपुर जिले में भी ब्रढ़ी गंडक नदी का जलस्तर कई इलाकों में खतरे के निशान को पार कर गया है तटबंध से पानी ऊपर बहने के कारण शहर के धर्मपुर इलाके में सौ घरों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है जिले के बिठान में कोसी कमला और करेह नदी उफान पर है अररिया जिले के पटेगना क्षेत्र में बाढ़ के पानी में डूबने से एक महिला की मौत हो गयी जबकि दूसरे को एनडीआरएफ के दल ने सुरक्षित निकाल लिया प्रदेश में पिछले चौबीस घंटे के दौरान आंधी तूफान और बिजली गिरने की घटनाओं में इकतालीस लोगों की मौत हुई हैं सबसे अधिक लोग जमुई बांका भागलपुर नवादा पूर्वी चंपारण और मुंगेर जिले में हताहत हुए है औरंगाबाद और रोहतास जिलों में दस लोग मारे गए चार लोगों की मौत कटिहार में जबकि तीन की सीतामढ़ी और गया में मौत हुई है तेरह लोगों के घायल होने की भी खबर है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मारे गए लोगों के निकट परिजन को चार चार लाख रुपये की अनुग्रह सहायता राशि देने की घोषणा की है और घायलों के निः शुल्क उपचार का निर्देश दिया है मध्बनी जिले के लौकही प्रखंड के महादेवा गांव में गिरे संभावित उल्कापिंड को पटना स्थित बिहार म्यूजियम में रखा जायेगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उल्कापिंड का निरीक्षण किया और अधिकारियों के साथ इसके रख रखाव को लेकर आवश्यक चर्चा की गौरतलब है कि सोमवार को तेज आवाज के साथ पिंड के गिरने के बाद आसपास के क्षेत्रों में अफरा तफरी मच गयी थी केन्द्र सरकार की सब्सिडी वाली योजनाओं के लिये लाभार्थियों के पहचान हेतु आधार को पहचान पत्र के रूप में मान्यता दी जायेगी केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने पहचान के रूप में आधार को मान्यता देने संबंधी आधार अधिनियम में बदलाव के लिये संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी इसके बाद बिना बिचौलियों के लाभार्थियों को सीधे उनके बैंक खातों में योजनाओं की सब्सिडी का लाभ मिल सकेगा सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया कि देश के एक सौ अठाईस करोड़ लोगों के पास आधार है उन्होंने कहा कि विधेयक में नये संशोधनों से धोखाधड़ी पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी तथा पात्र लोगों को फायदा होगा बक्सर जिले में महुआर ग्रामीण बैंक की शाखा से ढाई करोड़ रूपये के किसान क्रेडिट कार्ड घोटाला मामले में दो बैंक कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है जांच में तीन सौ अस्सी किसानों के खाते से फर्जी तरीके से निकासी का मामला सामने आया था इस मामले में बैंक प्रबंधक ने निलंबित किये गये तत्कालीन मैनेजर अभिमन्यू प्रताप सिंह और कैशियर राजेश के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज करायी है नरेन्द्र मोदी सरकार ने अपने द्रसरे कार्यकाल के पचास दिन पूरे कर लिए हैं इतने कम समय में सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक निर्णय लिया है ब्यौरा हमारे संवाददाता से साउंड बाईट देश में शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने एक नई शिक्षा नीति का मसौदा तैयार किया है पूर्व इसरो प्रमुख के कस्तुरीरंगन की अध्यक्ष वाली समिति ने ये मसौदा तैयार किया है समिति ने स्कूली शिक्षा उच्च शिक्षा शिक्षकों के प्रशिक्षण के अलावा राष्ट्रीय शिक्षा अयोग की स्थापना के लिए कई सुझाव दिये हैं इसके अलावा अगर नई शिक्षा नीति लागू होती है तो निजी स्कुल मनमाने तरीके से स्कुल की फीस में बढ़ोतरी नहीं कर सकेंगे

इसके अलावा अनुसंघान को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय अनुसान फाउंडेशन की स्थापना करने का भी प्रावधान है दीपेन्द्र कुमार आकाशवाणी समाचार राजद के वरिष्ठ नेता और पूर्व केन्द्रीय मंत्री अली अशरफ फातमी ने जदयू में शामिल होने की घोषणा की है श्री फातमी ने दरभंगा के लहेरियासराय में अपने आवास पर संवाददाताओं से कहा कि वे इस महीने की अठाईस तारीख को पटना में अपने समर्थकों के साथ जदयू में शामिल होंगे उन्होंने कहा कि वे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कार्यशैली से प्रभावित होकर सत्तारूढ़ दल में शामिल हो रहे हैं श्री फातमी ने कहा कि बिना नोटिस दिये उन्हें राजद से छह साल के लिये निष्कासित कर दिया गया है जबकि पार्टी विरोधी गतिविधियों के बावजूद राजद नेता तेज प्रताप यादव के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गयी शिक्षा विभाग ने जिला परिषद के तहत बहाल नियोजित शिक्षकों के एक और ऐच्छिक तबादले के लिये आदेश जारी कर दिया है विभाग ने सभी जिला परिषद् नियोजन इकाई से कहा है कि निवेदन समिति के निर्णय के अनुसार इस वर्ष आठ अगस्त तक ऐच्छिक स्थानांतरण की कार्रवाई निर्धारित प्रावधानों के अनुसार करें सारण जिले के एकमा थाना क्षेत्र अंतर्गत हरपुर छितरवलिया से पुलिस ने छापेमारी कर एक वाहन से तीन सौ नौ लीटर विदेशी शराब जब्त की है इस मामले में दो तस्करों को गिरफ्तार किया गया वहीं खगड़िया जिले के नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत मथुरापुर पंचायत के भगत टोला गांव में उत्पाद विभाग की टीम ने एक खेत से सात कार्टन विदेशी शराब और बड़ी मात्रा में देशी शराब जब्त की है इस मामले में शराब कारोबारी धीरज क्मार के खिलाफ नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है मुजफ्फरपुर जिले के मनियारी थाना क्षेत्र में अपराधियों ने आज एक बैंक ग्राहक सेवा केन्द्र के संचालक से दो लाख रूपये लूट लिये बक्सर जिले में डुमरांव नगर परिषद के अध्यक्ष पद पर भागमनी देवी और उपाध्यक्ष पद पर रमाशंकर राय को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया है अररिया समाहरणालय परिसर से पुलिस ने अवैध वसूली करने वाले एक नियोजित शिक्षक सुनील कुमार को गिरफ्तार किया है दफादारों और चौकीदारों ने उन्नीस सौ नब्बे से दो हजार चौदह के दौरान सेवानिवृत्त पंचायती दफादारों और चौकीदारों के आश्रितों को नौकरी देने की मांग को लेकर आज पटना के गर्दनीबाग में धरना प्रदर्शन किया

प्रदेश में कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति बिगड़ी

वज्रपात की अलग अलग घटनाओं में राज्य में इकतालीस लोगों की मौत